आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

फ्लैग इन सेरेमनी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार आईटीबीपी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आईटीबीपी को हर संभव सहयोग दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवानों ने शौर्य दृढ़ता और कर्मनिष्ठा का परिचय देते हए अपनी ड्यूटी के साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया है

मुख्यमंत्री ने इन सभी पर्वतारोहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया

कोविड संकट को लेकर ऋण स्थगन की योजना घोषित की गई थी सरकार ने निर्दिष्ट ऋण खातों में छह महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भ्गतान करने को कहा है उच्चतम न्यायालय ने केद्र से ऋण स्थगन की अवधि के दौरान कर्जदारों के दो करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज माफी का लाभ कर्जदारों तक पहुंचाने को कहा था शिक्षा आवास वाहन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋण पेशवरों को व्यक्तिगत ऋण क्रेडिट कार्ड बकाया तथा उपभोक्ता ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे मुख्य सचिव मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए इस प्रकार के स्लोगन हर जगह दिखाई देने चाहिए

उन्होंने सूचना विभाग को पोस्टर्स वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से व्यापक प्रचार किए जाने के निर्देश दिए

म्ख्य सचिव ने कहा कि कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए बच्चों की रैली आयोजित करायी जा सकती है म्ख्य सचिव ने कहा कि कोरोना के इस दौर में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्लिस विभाग को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है उन्होंने कहा कि दो तीन दिन लगातार छुट्टी होने के कारण पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाईजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए देवस्थानम बोर्ड बैठक उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की बैठक में बोर्ड दवारा तैयार किये विभिन्न ड्राफ्ट रूल को स्वीकृति प्रदान की गई जिसे शासन को उपलब्ध कराया जायेगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हई बैठक में देवस्थानम बोर्ड के लोगो की डिजाइनों पर भी चर्चा हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि बद्रीनाथ धाम में हर साल यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र का विस्तारीकरण और सौन्दर्यीकरण जरूरी है ताकि भविष्य में यात्रियों के लिए दर्शन यातायात और ठहरने की सम्चित व्यवस्था हो सके इसके लिए देवस्थानम बोर्ड को इसकी व्यवस्था सौंपे जाने पर विचार किया गया

राज्य में सेब मसालों और सुखे मेवों को बढ़ावा देने के लिए चार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जायेगा कृषि मंत्री स्बोध उनियाल ने कहा कि उत्कृष्टता केंद्र फसलों और फलों के लिए उच्च उपज वाले बीजों पर अन्संधान और विकास के लिए एक स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे उत्कृष्टता केंद्र फसलों और फलों के लिए उच्च उपज वाले बीजों पर अन्संधान और विकास के लिए एक स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे उत्पादन को ब्रांड के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेब अदरक हल्दी अखरोट और सब्जियों के लिए राज्य में चार उत्कृष्टता केंद्र बनाने पर काम कर रही है

इस योजना का उपयोग करते हए एक प्रस्ताव पर काम श्रू कर दिया गया है जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा

हरिद्वार के डीएफओ नीरज शर्मा ने बताया कि राजाजी नेशनल पार्क और चीला रेंज से अक्सर हाथी आबादी की ओर रुख करते हैं हाथी फसलों का न्कसान भी करते हैं और कभी कभी लोगों पर भी हमला कर देते हैं इसलिए आबादी क्षेत्र में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए उन पर रेडियो कॉलर लगाने का काम शुरू हो चुका है उन्होंने बताया कि फिलहाल एक हाथी को रेडियो कॉलर लगाया जा चुका है इसके साथ ही आबादी से सटे गांव में सोलर फेंसिंग और पत्थरों की दीवार भी बनाई जा रही है ताकि कृंभ क्षेत्र में जंगलों से सटे इलाकों में कैंप करने वाले अखाड़ों और अन्य साध् संतों के कैंपों की ओर हाथी रुख न करें

शिविर गैरसैंण गैरसैंण में परिवहन विभाग की ओर से वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण सड़क सुरक्षा नियमों और कोविड संक्रमण की जानकारी देने के उद्देश्य से शिविर लगाया गया

वाहन चालकों को कोविड संक्रमण के प्रति सर्तकता और सावधानी बरतने के उपाय बताए गए वाहन चालकों को प्रतिदिन स्बह शाम वाहनों को सैनेटाइज करने बिना मास्क के किसी भी सवारी को गाड़ी में न बैठाने और मास्क पहनकर ही वाहन चलाने को कहा गया शिविर में वाहन चालकों को सड़क स्रक्षा और यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई एआरटीओ ने कहा कि अधिकतर वाहन द्र्घटनाएं ओवर लोडिंग ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने से ही होती है उन्होंने बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी सस्पेंशन पुल टिहरी की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने आज टिहरी से प्रतापनगर को जोड़ने वाले देश के सबसे बड़े सस्पेंशन प्ल का निरीक्षण किया उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्ल की शेष औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिये